इसमें तीन साल की जेल का प्रावधान किया गया है तीन तलाक को अपराध बनाने संबंधी मुस्लिम महिला विधेयक मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फौरी जरूरत महसूस होने के कारण यह अध्यादेश लाया गया है

यात्रा की शुरूआत आज दौसा जिले के लालसोट से होगी आज पहले दिन यात्रा लालसोट दौसा बांदीकुई थानागाजी अलवर ग्रामीण और अलवर शहर में जायेगी

पार्टी के संभागीय प्रवक्ता पंकज शर्मा ने बताया कि रैली में आदिवासी अंचल के बांसवाडा डूंगरपुर प्रतापगढ उदयपुर और चित्तौडगढ जिलों से तीन लाख से अधिक लोगों के जुटने की संभावना हैं उन्होंने बताया कि रैली की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं श्री शर्मा ने बताया कि इसके लिए हर जिले और ब्लॉक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में पहुंचने के लिए कहा गया हैं

खेजड़ली परिसर में नवनिर्मित जम्मेश्वर मंदिर में लोगो ने परिक्रमा की

कार्यक्रम में के ंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने खेजड़ली धाम के लिए सांसद निधि से एम्ब्लेंस देने की घोषणा की

कल इन कार्यो को शिलान्यास जेडीए अध्यक्ष महेन्द्र राठौड़ के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने किया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेडीए अध्यक्ष ने कहा कि शहर में विकास कार्यों में पिछले कुछ समय में तेजी आई है

न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने इस मामले में लगायी गयी जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया

विभिन्न मंदिरों में भगवान कृष्ण को जल विहार कराया जा रहा है इसके बाद अलग अलग समय पर ठाक्र जी की शोभायात्रा निकाली जायेगी राजसमंद में चारभूजा नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड उमड रही है

जैसलमेर जिले के लाठी गांव के मूल निवासी एक युवक की कल अहमदाबाद के अस्पताल में स्वाईन फ्लू के कारण मृत्यु हो गई

इस जीत में राहित शर्मा के शानदार अर्द्वशतक और गेंदबाज भूवनेश्वर कुमार और केदार जाधव की गैं दबाजी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया